इस अवसर पर म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित किया गया म्ख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया

इन बसों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज्ड कर सैनिटाइजर के स्रक्षा कवच में भेजा गया है ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोटा से बच्चों को लाने बस रवाना करने के साथ ही सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं वहीं भोपाल संभाग की पूर्व में गठित दस सदस्यीय समन्वय समिति को निरस्त कर तीन सदस्यीय समन्वय समित गठित की गयी है

श्री पाल जिला उज्जैन के थाना प्रभारी के पद पर ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे उनका आज अंतिम संस्कार इंदौर में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद यशवंत पाल के परिजन को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा द्रख की इस घड़ी में दिवंगत यशवंत पाल के परिवार के साथ मैं और पूरा प्रदेश खड़ा है

केन्द्रीय दल प्रदेश में अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय अधिकारियों के दल ने इंदौर के स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए कोरोनोवायरस संक्रमण के प्रसार से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए यह टीम कल इंदौर पहुंची थी पांच सदस्यीय टीम का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे है जिला प्रशासन से ज्ड़े अधिकारियों ने बताया कि केन्द्रीय टीम ने जिले में कोरोनोवायरस के प्रकोप से निपटने के लिए विभिन्न विभागों दवारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया है

लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर मिली है कोरोना मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है

डिण्डोरी जिले के करंजिया गांव एक पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य अमला घर घर पहंच लोगों के परीक्षण में ज्टा हआ है उधरअनूपप्र में ज़िला प्रशासन डिंडोरी एवं पेंड्रा से लगी सभी सीमाओं पर नाकाबंदी के निर्देश दिए हैं शिवपुरी में आवश्यक वस्त्ओं की द्कानें ख्लने के समय में क्छ राहत दी गई पन्ना जिले के शाहनगर थाना में कांग्रेस नेता अनिल तिवारी पर लॉक डाउन उल्लंघन एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अपराध में मामला दर्ज किया गया है

मुरैना में प्रशासन ने आज दो सैकड़ा से अधिक द्रपहिया तथा चार पहिया वाहनों को जब्त कर उनके चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की